पहले चरण में लॉकडाउन की मौजूदा स्थिति जारी रहेगी और द्रसरे चरण में केंद्र सरकार ने आर्थिक गतिविधियों से संबंधित क्छ क्षेत्रो को सीमित छूट दी है आकाशवाणी से बातचीत में श्री क्मार ने कहा कि लॉकडाउन के दूसरे चरण में कृषि बागवानी पश्पालन और मत्स्य पालन को छूट दी गई है उन्होंने कहा कि वित्तीय संस्थान और मीडिया क्रियर आदि जैसे क्छ निजी उद्योग कार्य करेंगे उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में क्छ प्रतिबंधों के साथ प्रम्ख ब्नियादी ढांचा परियोजना जैसे सड़क भवन आदी की भी अन्मति है

वहीं उनके चार रिश्तेदारों से एकत्रित दो नमूने भी निगेटिव आएं है

इस समस्या के समाधान के लिए जिला प्रशासन फीड बेक लेने के लिए अपने फेसबूक पेज पर शिकायत दर्ज कर रहा है राजधानी जिला उपाय्क्त कोमकर द्लोम ने बताया कि लोग अब सीधे जिला प्रशासन के फेसब्क पेज पर वीडियो को भेजकर आवश्यकता और गैर आवश्यक वस्त्ओं की अत्याधिक कीमत वसूलने वाले द्रकानदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते है उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता की पहचान को ग्प्त रखा जायेगा

श्री कांत ने ट्वीट करते हए कहा कि निजता अत्यंत महत्वपूर्ण है और सरकार इसे सबसे अधिक महत्व देती है

उन्होंने इस ऐप को विश्व स्तरीय मेक इन इंडिया उत्पाद बताया और कहा कि यह संक्रमण के जोखिम की जानकारी देकर लोगों का सशक्तिकरण करता है यह मोबाइल एप्लिकेशन कोरोना संक्रमण के जोखिम के प्रति लोगों को अपना मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है यह अन्य व्यक्तियों के साथ सम्पर्क के आधार पर जोखिम का मूल्यांकन करता है इसके लिए यह ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी अल्गोरिथम्स और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का इस्तेमाल करता है

द्रदर्शन के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि मालवाहक विमानों द्वारा पूर्वोत्तर के सुदूर इलाकों जम्मू कश्मीर लद्दाख और अन्य द्र्गम इलाकों में कोविड की जांच के लिए किटवेंटिलेटर चिकित्सकों और नर्सों के लिए पी पी ई और मास्क के अलावा जरुरी साजो सामन भेजे गए है उन्होंने कहा कि सरकार ने लॉकडाउन से प्रभावित दैनिक मजद्री पर निर्भर कामगारों की सहायता के लिए आवश्यक कदम उठाया है